इस मौके पर उपस्थित केन्द्रीय मंत्रियों ने इसे वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया

देश की पहली बायो फ़यूल संचालित उड़ान आज नई दिलली के इंदिरा गांधी हवाई पर उत्तरी देहरादून से ज्ड़ी इस परीक्षण उड़ान का सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री सुरेश प्रभु पर्यावरण मंत्री डा हर्षवर्धन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने नई दिल्ली पहंचने पर स्वागत किया एक टवीट संदेश में श्री प्रधान ने कहा कि वैकिल्पक ईधन को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है मंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में प्रस्तावित परिवहन और विमानन क्षेत्र के लिए टिकाऊ और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है

इस मौके पर बोलते हए नागरिक उड़डयन मंत्री स्रेशप्रभ् ने ईंधन के ऐसे वैकल्पिक स्त्रोतों की आवश्क्ता बताते हये कहा कि उड्डयन क्षेत्र को पर्यावरण पर भी अन्कूल प्रभाव छोड़ना चाहिए विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉ डा हर्षवर्धन ने कहा कि यह एक पर्यावरण के अन्कूल पहल है जिससे देश का आयात खर्च भी कम होगा आय्ष्मान भारत कार्यक्रम के तहत केन्द्र ने विश्व के बड़ी स्वास्थ्य स्रक्षा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अलगे महीनें की पच्चीस तारीख से लागू करने की तैयारियां प्री कर ली है

श्रीनड्डा ने कहा कि यह योजना के लाभपात्रों को एनरोलमेंटर की आवश्यक्ता नहीं है एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसी खबरे आ रही है क्छ नकली वेबसाइट लोगों को इस योजना के लिए ल्भा रही है उन पर सरकार कार्रवाड्र कर रही है उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों को योजना के तहत सेवा देना के लिए एमपैनल होना जरूरी है

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अपनी किस्म के पहले श्री कृष्ण आय्ष विश्वविदयालय क्रूक्षेत्र की निर्माण प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है और इस की चारदवारी बनाने के लिए दो करोड़ अट्टानवे लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है

उन्होंने कहा कि यह शिक्षण संस्थान प्राचीन व आध्निकता का समावेश होगा जिसमें आय्ष के सभी संकायों की शिक्षा दी जायेगी पंचकुला जिले के सभी किसानों की फसल का पंजीकरण उनके नजदीकी कामन सर्विस सेंटर पर निश्ल्क किया जायेगा और पंजीकरण से किसानों को उनकी फसला का उचित सरकारी मूल्य मिल सकेगा पंचकूला के उपायुक्त क्मार ने बताया कि अब किसानों की फसलों का ब्यौरा सरकार मकल दवारा श्रू की गई मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा इस पर किसान पन्दह सितम्बर तक अपनी खरीफ फसलों का ब्यौरा ऑन लाइन कर दर्ज कर सकेंगे

साथ ही सरकार ने राज्य स्तरीय फसल ई सुचना नाम पोर्टल श्रू किया गया है जहां से फसलों की जानकारी ली जा सकती है फतेहाबाद में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का श्रद्वाजंलि सभा हई जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और राज्यमंत्री कृष्ण बेदी सहित पार्टी की जिला कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं व कई विपक्षी दलों के नेताओ ने भाग लिया मीडिया से बातचीत में श्री बराला ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हर व्यकित उन्हें चाहता था यही कारण है कि आज उनकी श्रदवाजंलि सभा में सभी पार्टियों के लोग शामिल हये है

केन्द्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुज्जर ने कहा हे कि केन्द्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए नौकरियों में आरक्षण को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत किया है जबकि उच्च शिक्षा के लिए ये आरक्षण तीन से बढ़ा कर पांच प्रतिशत किया गया है आज अम्बाला छावनी में नई अनाज मंती में श्री गुज्जर केन्द्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय जिला प्रशासन व रेडक्रास सोसायटी द्वाराआयोजित जिला स्तरीय निश्ल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में प्रतिभागियों को सम्बोधित कर रहे थे

उन्होंने बताया कि अब तक अम्बाला सहित देश के तीन सौ चौवन लोकसभा क्षेत्रों मे ऐसे शिविर लगाकर लाखों दिव्यांगजनों का सहायक उपकरण दिये जा च्के है वर्तमान सरकार ने इस तरह के अब तक साढ़े छ हजार छोटे बड़े शिविर लगाये है

हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में जिला विज्ञान विशेषज्ञ और जिला गणित विशेषज्ञ के रूप में इच्छ्क राजकीय विदयालयों में नियमित आधार पर कार्यरत पीजीटी अध्यापकों से आवेदन मांगे है विभाग के प्रवक्ता के अन्सार आवेदक को अंग्रेजी और कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन की प्रारी जानकारी होनी चाहिए और आवेदन पहली सितम्बर तक निर्धारित प्रपत्र में केवल विभाग की ई मेल आईडी पर भेज सकते है जिला विज्ञान विशेषज्ञ और जिला गणित विशेषज्ञ के रूप में पहले से कार्यरत पीजीटी आवेदन नहीं सकते शहीद सिपाही प्रथवी सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विदयालय रत्तेवाली पंचक्ला में शहीद की तिरपनवी प्ण्यतिथि पर पहला रक्तदान शिविर ग्राम पंचायत रत्तेवाली के सहयोग से लगाया गया जिसमें एक सौ चार रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य ने सरकार के पौधागिरी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हए सभी अतिथियों का त्लसी का पौधे भेंट किये परिवहन की कमी की वजह से अब नूंह जिले की बेटियां पढाई से वंचित नहीं रहेगी जिला प्रशासन ने मेवात के नूंह मे स्कूलों से लड़कियों के ड्रोप आउट की गंभीरता से लेना श्रू कर दिया है इसी संदर्भ मे बालिका वाहिनी योजना के तहत आज उपाय्क्त पंकज यादव दवारा लड़कियों को स्कूल लाने ले जाने के लिये दो बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया इस मौके पर उन्होंने इससे स्कूलों में ल्ड़कियों की संख्या बढ़ेगी

अम्बाला में पत्रकारों से बातचीत में खेलमंत्री अनिल विज ने कहा कि खिलाडियों को किस आधार पर कौन सी नौकरी दी जानी है इसके लिये चार्ट तैयार हो च्का है जिसकी नोटीफिकेशन जल्द ही विज्ञापन के जरिये जारी कर दी जायेगी सीएम फलाईग एवं जिला ग्प्तचर विभाग की टीम ने आज पलवल में छापेमारी कर अवैध रूप से बिना परमिट चल रही दस बसों को पकड़कर आरटीए के हवाले कर दिया है